सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से राज्य भर में लोगों को दी जायेगी यातायात नियमों की जानकारी

कुंभ मेला प्रयागराज में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर आज दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान शुरू हो गया है मेला प्राधिकरण ने कहा है कि कल रात तक एक करोड़ से ज्यादा श्रद्वालु कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं और उनके आने का सिलसिला जारी है शाही स्नान में सुरक्षा के लिए बीस हजार से अधिक जवानों को तैनात किया गया है

भीड के भारी दबाव को देखते हुए पवित्र अक्षयवट और सरस्वती कृप के दर्शन को आज से ही तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है शाही स्नान को देखते हुए मेडिकल सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है

सोमवती अमावस्या सोमवती अमावस्या पर्व के अवसर पर आज प्रदेषभर में पुण्य स्नान शुरू हो गया है उज्जैन में क्षिप्रा के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु डुबकी लगा रहे हैं श्रद्वालुओं के स्नान के लिये सोमकुण्ड के समीप फव्वारे साईन बोर्ड वस्त्र बदलने के लिये अस्थाई कक्ष बनाए गए हैं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है रामघाट पर होमगार्ड के सैनिक तैनात है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये होमगार्ड की चार नायें तथा दो हजार लाईफ सेविंग जैकेट भी तैयार हैं इसके साथ ही प्रदेष के अन्य शहरों में भी पुण्य स्नान किया जा रहा है ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्दालु नर्मदा नदी में स्नान करने पहंचे हैं

खंडवा कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देष दिये है कि नर्मदा का जलस्तर एक समान बनाए रखें ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे उमरिया जिले मे भी आज मौनी अमावस्या का पर्व उल्लास और श्रद्दा के साथ मनाया जा रहा है सोन महानदी उमरार और जोहिला मे बड़ी संख्या स्नान किया जा रहा है भाजपा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिए एक महीने तक चलने वाले अभियान भारत के मन की बात मोदी के साथ की कल शुरूआत की नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि यह अभियान नये भारत के निर्माण के लिये है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने टिवट संदेश में कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिये लोगों के सुझावों से पार्टी के चनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी

इस सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखी गई है सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसके अंतर्गत पूरे सप्ताह के दौरान पूरे प्रदेष में सड़क यातायात से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे सड़क सुरक्षा सप्ताह में संबंधित विभागों की भागीदारी रहेगी उच्च न्यायालय द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा भी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विभागों से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर प्रभावी ढ़ंग से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं सीबीआई चिटफंड केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले की जांच में राज्य सरकार और राज्य पुलिस की ओर से कथित रूप से रोड़ा अटकाए जाने के खिलाफ आज उच्चतम न्यायालय जाएगी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष याचिका दायर कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे

बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन स्थित प्रसिद्ध मुगल गार्डन आज से खुलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ करेंगे

आध्यात्मिक उद्यान जड़ी बूटी और बोनसाई तथा संगीतमय उद्यान आकर्षण के केन्द्र रहेंगे इस वर्ष से ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू की गई है जिससे लोग पहले से ही अपना कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकेंगे पहले की तरह बिना बुकिंग के भी उद्यान तक आया जा सकता है ऑनलाइन ब्रकिंग डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पर कराई जा सकती है इस वर्ष ट्यूलिप और विदेशी फूलों के अलावा बल्बनुमा फूल उद्यानोत्सव का मुख्य आकर्षण हैं

इसमें सागर छतरपुर दमोह दतिया टीकमगढ़ अशोकनगर श्योपुर गुना पन्ना भिंड मुरैना तथा ग्वालियर जिले के पात्र युवा शामिल हो रहे हैं खाद्य वितरण खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज ग्वालियर से मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित राशन दुकानों के माध्यम योजना का संचालन किया जाएगा

निमाड़ उत्सव संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ आज खरगोन जिले के महेश्वर में तीन दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ करेंगी समारोह का उदघाटन सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण के गायन से होगा

वहीं गुजरात के डांडिया रास उत्तर प्रदेश का होली छत्तीसगढ़ के गौर मड़िया नृत्य की प्रस्तुति भी होगी समापन दिवस पर सुश्री मनीषा शास्त्री अपने साथियों के साथ निमाड़ी गायन सुश्री नमामि सोनकिया का भक्ति संगीत सुश्री मीरा दास और उनके साथी ओड़िसी नृत्य प्रस्तुत करेंगे इसी दिन होने वाले कवि सम्मेलन में कई जाने माने कवि भाग लेंगे

महोत्सव में जल मंच आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहेगा नर्मदा जयंती महोत्सव का प्रदेश में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं गणमान्य नागरिकों का अभिनन्दन किया जायेगा होशंगाबाद जिले के प्रभारी और जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा की अध्यक्षता में भोपाल के तुलसी नगर स्थित नर्मदा मंदिर में नर्मदा जयंती महोत्सव समिति की कल हुई बैठक में यह जानकारी दी गई

ये रथ सभी जिलों में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे

वहीं मुरैना से डॉक्टर रामलखनसिंह कुशवाह को उम्मीद्वार बनाया गया है

इसमें युवाओं को रोजगार के अवसर तथा स्वरोजगार की जानकारी सहित अन्य कैरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जायेगा

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव करेंगे